अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इसर्स कोई फायदा नहीं मिल रहा है बल्कि राजनेता वहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे

गहमंत्री की घोषणा के बाद कांग्रेस वामपंथी तणमुल कांग्रेस समाजवादी पार्टी पीडीपी आरजेडी और अन्य दलों के सदस्यों ने हंगामा किया उत्तेजित सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचो बीच आ गये व्यवसायी परिसर जांच प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में संदिग्ध और फर्जी व्यापारियों के परिसरों की जांच की जा रही है

इन सभी मामलों में विभाग द्वारा पंजीयन रद्द करने सहित अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

नागपंचमी नागपंचमी का पर्व आज प्रदेशभर में मनाया जा रहा है प्राचीन और धार्मिक नगरी उज्जैन में भगवान नागचन्द्रेश्वर मंदिर के पट खोले गये

नागपंचमी के अवसर पर शिवमंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि देर रात से ही श्रद्धालुओं के पहंचने का सिलसिला शुरू हो गया था प्रशासन ने श्रद्वालुओं की बड़ी तादाद को देखते हए सुरक्षा के माकल इंतजाम किये हैं यहां आज महाकाल की शाही सवारी भी निकाली जायेगी उधर बड़वानी जिले के नागलवाड़ी स्थित प्राचीन भिलट देव मंदिर में अलसुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है पचमढी के नागद्वारी मेले में में भी श्रद्वालु पहुंच रहे है

भक्तों की भीड़ को देखते हुए यहां स्थानीय प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की गयी है सीहोर में श्रावण सोमवार पर शिव पालिका यात्रा निकाली जाएगी मौसम राज्य के ज्यादातर जिलों में रुक रुककर बारिश का दौर जारी है हालांकि राजधानी भोपाल में बादलों की लुका छिपी के बीच कल से बारिश नहीं हुई है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान इंदौर संभाग के जिलों में ज्यादातर स्थानों पर वहीं उज्जैन चंबल होशंगाबाद भोपाल शहडोल और रीवा संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई

आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगातार बारिश से बीती रात शहर में एक कच्चा मकान ढह गया इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई वहीं पांच लोग घायल हुए हैं उधर शिवपुरी जिले के ग्राम रैंझाघाट में कल एक युवक सिंध नदी में बह गया

प्रोमो प्रादेशिक समाचार एकांश आज से प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अविस्मर्णीय वीर गाथाओं पर एक खास श्रृंखला शुरू कर रहा है इसके माध्यम से हम आज़ादी की लड़ाई में इन जन नायकों के योगदान को याद करेंगे साथ ही बहादुरी के कई जाने अनजाने किस्सों से भी रूबरू होंगे